प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों लोकसभा में उनको सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वे इन दलों के आभारी है कि उन्हें विपक्ष की पोल खोलने का अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी राजनैतिक अपरिपक्वता समझ की कमी और असलियत को सामने ला दिया संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जीत पर सभी एनडीए सहयोगियों का अभिनदन किया जाना चाहिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों को प्राचार्य पद पर चयन संबंधी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है मंत्रिमंडल की आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया बैठक के बाद संवाददताओं से बातचीत करते हुए सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अशासकीय महाविद्यालयों के ऐसे प्राध्यापक जिन्होंने टुकड़े टुकड़े में और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पन्द्रह वर्ष तक अध्यापन किया हो और पीएचडी के साथ साथ एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ हो और स्नाकोत्तर परीक्षा में उनके अंक पचपन प्रतिशत रहे हो ऐसे प्राध्यापकों को प्राचार्य पद पर प्रोन्नत के लिए आधार माना जायेगा उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखीमपुर खीरी से दुधवा तक की लगभग तिरसठ किलोमीटर सड़क को दो लेन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है

श्री सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है उन्होंने बताया कि भदोही में कालीन निर्यात माल्ट संचालित करने के लिए एक एजेंसी के टेंडर को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसी दस वर्षो तक इस माल्ट का संचालन करेगी प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यवस्त है

कानपुर देहात से तीन हाथरस से दो और फतेहपुर से एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार है

फैजाबाद में सरयू बस्ती गोण्डा और बाराबंकी में घाघरा बुलन्दशहर इलाहाबाद और बलिया में गंगा और सहारनपुर मथुरा में यमुना और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का पानी कई इलाकों में फैल गया है हालांकि अभी आज अधिकाश नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है और स्थिर है लेकिन लगातार बारिश की वजह से जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है इसका असर बिजली आपूर्ति संचार व्यवस्था सड़क परिवहन और हवाई जहाजों के संचालन पर भी पड़ा है राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में लगातार बरसात की वजह से जगह जगह सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है हमीरपुर जिले से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि लगातार बारिश से जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है एक रिपोर्ट रविवार की देर रात से शुरू हुई रुक रुक लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जगह जगह जलभराव कच्चे मकानों के गिरने मवेशियों के दब कर मरने आदि की घटनाओं के साथ कई गांवों का मुख्य मार्गों से समर्पक दूट गया बिजली के पोल गिरने सड़के धंस जाने से यातायात पेयजल ब्यवस्था चरमरा गयी है बांधों से पानी छोड़े जाने से बेतवा और यमुना नदी पूरी उफान पर हैं जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है फिलहाल जिला प्रशासन पूरी चौकसी के साथ बाढ़ चौकियां बनवाकर चौकन्ना है शिवकुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपर इस बीच राज्य सरकार ने सभी जिले प्रशासन क निर्देशित किया है कि वे असुरक्षित भवनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करे जिससे मकानों के गिरने से जनहानि न हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों के परिजनों को चौबीस घंटे के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारी बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन पूर्वी हिस्सों में बारिश का क्रम जारी रहेगा

प्रदेश सरकार ने अगस्त महीने को कृषि यंत्रीकरण माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है कृषि यंत्रीकरण माह के दौरान एक लाख से अधिक किसानों को कृषि यंत्र का वितरण किया जाएगा प्रदेश के कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल में पंजीकृत इच्छुक किसानों में से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करते हुए उनके चयन पत्र एक अगस्त को जारी कर दिए जाएंगे उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर का स्वामित्व होना अनिवार्य नहीं है

क्रषि मंत्री ने बताया कि यदि चयनित किसान निर्धारित समय में कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं तो उनके नाम निर्धारित सूची से हटा दिये जाएंगे

आज मशहूर कथाकार मुंशी प्रेमचन्द की एक सौ अड़तीसवों जयन्ती है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि दी है श्री कोविन्द ने टवीटर पर प्रेमचंद को उत्कृष्ट लेखक और उपन्यासकार बताते हुए कहा कि उनकी कहानियां किसानों गरीबों और समाज के आम लोगों की भावनाओं से जुड़ी हैं प्रदेशभर में भी मुंशी प्रेमचन्द की जयन्ती आदर और श्रद्वा के साथ मनाई गई वाराणसी में उनके जन्म स्थान लमही में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित लमही महोत्सव का आज वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने उद्घाटन किया इस अवसर पर उनके नाटकों का मंचन भी किया गया मुंशी प्रेमचन्द के पैतृक आवास पर चित्रकला प्रदर्शनी और उनकी कृतियों की छाया प्रदर्शनी भी लगाई गई मुंशी प्रेमचन्द के जीवन का एक महत्वपूर्ण वक्त गोरखपुर में भी बीता था गोरखपुर में भी प्रेमचन्द सदन सहित कई स्थानों पर उनकी स्मृति में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कुशीनगर में साहित्यिक संगोष्ठियों के जरिये प्रेमचन्द को याद किया गया हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट हिन्दी साहित्य के प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचन्द की जयंती कुशीनगर जिले में आदर और श्रद्धा के साथ मनाई गई जिले में कई जगहों पर साहित्यिक संगोष्ठियो के आयोजन किये गए

विवेक पाडेयआकाशवाणी समाचार कुशीनगर नवजात शिश्रओं के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने की प्रवृत्ति गोण्डा मेरठ बिजनौर हाथरस और शाहजहांपुर में बहत कम पाये जाने पर प्रदेश सरकार ने चिंता व्यक्त की है चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव वीहेकाली झिमोमी ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में एक अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियां की गई है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से सभी सामूदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मियों को इस हेतु प्रशिक्षित किया गया है